ये फैसला करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है स्क्ल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त म्ख्य सचिव धीरा खंडेलवाल ने ये जानकारी आज चंडीगढ़ प्रैस वार्ता में दी

उन्होंने बताया कि स्कूल यूनिफार्म की ग्रांट लगभग दो ग्णी कर गई है

इस सम्बध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि स्कूलों में केवल ग्रप डी की बहउद्देशीय वर्कर्स की भर्ती आउट र्सोससिंग के माध्यम से की गड्र स्कूलों में अध्यापकों व कलर्को की भर्ती नही की गई है और न ही आगे अध्यापकों की भर्ती आउट सोसर्सिंग के माध्यम से की जायेगी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचक्ला से कनेक्ट ट् पीपल अभियान श्रू करके कई जगह कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनी मुख्यमंत्री ने पंचक्ला से श्रू हो कर अम्बाला क्रूक्षेत्र कैथल जींद तक लगभग एक दर्जन कार्यकर्ताओं के घर जाकर कही चाय पर चर्चा की तो कही दोपहर का भोजन करके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढाया म्ख्यमंत्री ने आज सभी कार्यक्रम प्री तरह से अनोपचारिक थे म्ख्यमंत्री बिना किसी तामझाम के जनता से रूबरू होते रहे और पिछले चार वर्षो के दौरान सरकार की कार्यशैली को लेकर जनता से राया ली इसी फीडबैक के आधार पर मुख्यमंत्री दवारा आगामी रणनीति को तैयार किया जायेगा पिंजौर स्थित यादविंद्रा गार्डन् में सात ज्लाई को दो दिवसीय मैंगो मेले का आयोजन किया जायेगा पंचकूला के उपायुक्त मुक्ल क्मार ने इस मेले को सुचारू ढंग से संपन्न करवाने के लिए एस डी एम कालका को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है तहसीलदार कालका व खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पिंजौर को प्रोटोकोल अधिकारी निय्क्त किया गया है उन्होंने जिला प्लिस म्खी को मेले के दौरान स्रक्षा ट्रैफिक कंट्रोल कान्न एवं व्यवसथा तथा वाहनां की सही पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा है जम्मू कश्मीर के बालटाल सोनमार्ग पर कई स्थानों पर पहाड़ गिरने और रास्ते खराब होने के कारण अमरनाथ यात्रा रोकी गई है प्लिस के एक उच्च अधिकारी के अन्सार खराब हुई सड़कों के मरम्मत की जा रही है जबकि बालटाल बेस कैम्प से पंतजारिणी तक तीर्थ यात्रियों को ले जाने के लिए हैलीक्प्टर सेवा श्रू की गई है

हरियाणा के नवीन एवं नवीकणीय ऊर्जा राज्यमंत्री डा बनवारी लाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बिजली से चलने वालो वाहनों को भी चलाने पर विचार कर रही है क्योंकि केन्द्र सरकार देश में इलैक्ट्रिक वाहनों के संचालन पर जोर दे रही है उन्होंने कहा कि इससे प्रद्रषण में कम होता है और पैट्रोल इत्यादि के म्काबले सस्ती भी पड़ती है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भी राज्य में डेढ़ लाख बिजली से चलने वाले पम्पों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पम्पों से बदलने की योजना है जिससे बिजली निगमों को बेचने का प्रावधान होगा हरियाणा सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण ऋण विवाह ऋण वाहन ऋण और कम्प्यूटर ऋण जैसे विभिन्न प्रकार के ऋणों की राशि में बढ़ोतरी की है

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब कर्मचारी दूसरी बार एचबीए लेने के पात्र नहीं होंगे

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरपथ पर प्राप्त ट्टी सडक़ों या सडक़ों पर गड्ढ़ों की शिकायतों को गम्भीरता से न लेने पर कड़ा संज्ञान लेते हए लोक निर्माण विभाग रेवाड़ी के कार्यकारी अभियन्ता वीएसमलिक और नगरनिगम रोहतक में हरपथ के नोडल अधिकारी एवं पालिका अभियन्ता राम प्रकाश को तुरंत प्रभाव से निलम्बित करने के निर्देश दिए हैं यह जानकारी म्ख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ॰ राकेश ग्प्ता ने आज हरपथ एप की समीक्षा के दौरान दी श्री ग्प्ता ने बताया कि हरपथ पर प्राप्त शिकायतों को गम्भीरता से न लेने पर नगरनिगम फरीदाबाद के म्ख्य अभियन्ता डीआरभास्कर नारनौल के पालिका अभियन्ता दर्शन क्मार हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ग्रुग्राम के कार्यकारी अभियन्ता सुरेश लाठर तथा रेवाड़ी महेन्द्रगढ़ जींद और मेवात जिलों में हरपथ का कार्य देखने वाले म्ख्य अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं

इस संबंध में हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्राशसनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है